केन्द्र सरकार ने स्वच्छता पुरस्कारों की घोशणा की अल्मोड़ा जिले का कैन्ट क्षेत्र भी सूची में भाामिल प्रदे ा के विभिन्न हिस्सों में आज बारि से जन जीवन प्रभावित मौसम विभाग ने पिथौरागढ़ नैनीताल चमोली और बागे वर में कल भारी से बहुत भारी बारि

ऊधमसिंह नगर में भाीघ ही कोरोना परीक्षण प्रयोगााला खोली जाएगी

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने सभी सीमावर्ती और तटीय जिलों में युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एनसीसी विस्तार योजना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है

इनमें एक तिहाई कैडेट लड़कियां होंगी हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि तटीय और सीमावर्ती जिलों के उन एक हजार से अधिक स्कूलों और कॉलेजों की पहचान की गई है जहां एनसीसी की गतिविधियां शुरू की जाएंगी सेना इन एनसीसी कैंडेटों को प्रशिक्षण और प्रशासनिक सहयोग प्रदान करेगी नौसेना तटीय इलाकों में जबकि वायुसेना अपने केंद्रों के निकट स्थित एनसीसी यूनिटों को सहायता प्रदान करेगी इससे सीमावर्ती और तटीय क्षेत्रों के युवाओं को न केवल आगे बढ़ने का मौका मिलेगा बल्कि उन्हें सशस्त्र बलों में जाने की प्रेरणा भी मिलेगी एनसीसी विस्तार योजना राज्यों की सहभागिता के साथ लागू की जाएगी स्वच्छता पुरस्कार केन्द्र सरकार द्वारा इस वर्ष के स्वच्छता पुरस्कारों की घोषणा कर दी गयी है स्वच्छ शहरों की सूची में इस वर्ष प्रदेश के अल्मोड़ा जिले का चयन किया गया है अल्मोड़ा जिले के कैंट शहर को सर्वेक्षण की सूची में स्थान मिला है

इस अवसर पर अल्मोड़ा के जिलाधिकारी और नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को सम्मानित किया जायेगा गौरतलब है कि शहरी विकास मंत्रालय की ओर से हर वर्ष सर्वेक्षण के आधार पर स्वच्छ शहरों का चयन किया जाता है अनावरण राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज नई दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि पर उनके चित्र का अनावरण किया भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के मुख्यालय पर आयोजित इस कार्यक्रम में श्री कोविंद ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत को विश्व के सामने एक नई शक्ति के रूप में स्थापित किया राष्ट्रपति ने कहा कि वाजपेयी जी सभी देशों विशेषकर पडोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाने पर हमेशा बल देते थे उन्होंने वाजपेयी जी के उस कथन को दोहराया कि हम अपने मित्र तो बदल सकते हैं परन्तु पडोसी नहीं बदल सकते राष्ट्रपति ने कहा कि अटल जी जनप्रिय नेता और ओजस्वी वक्ता थे

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित अनेक वरिष्ठ नेताओं ने नई दिल्ली स्थित पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि सदैव अटल पर जाकर उन्हें श्रद्वांजलि दी मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने भी श्री वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्वांजलि अर्पित की है मुख्यमंत्री ने बताया कि अटल जी का उत्तराखण्ड से विशेष लगाव था और उत्तराखण्ड को अलग राज्य बनाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी उनके द्वारा प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देते हुए विशेष औद्योगिक पैकेज भी स्वीकृत किया गया था उन्होंने बताया कि श्री वाजपेयी के विचार और आदर्श हमें संदैव प्रेरणा देते रहेंगे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्य तिथि पर भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने श्री वाजपेयी को श्रद्दाजंलि अर्पित की इस बीच सांसद अजय भट्ट ने काशीपुर में श्री वाजपेयी को श्रद्दासुमन अर्पित किये

इस दौरान उन्होंन एक लाइफ सपोर्ट वैन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया इस दौरान श्री गहतोड़ी ने कहा कि आसीयू यूनिट शुरू होने से स्थानीय लोगों को इलाज के लिए अब कहीं और जाने की जरूरत नही होगी और गंभीर ऑपरेशन अस्पाताल में ही हो सकेगें मौसम प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है राजधानी देहरादून समेत गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है कई घरों द्वकानों में जहां जलभराव के साथ मलवा घुस गया है वहीं पेयजल और बिजली की लाइनों को नुकसान पहुंचा है बारिश के कारण फसलों को भी नुकसान पहुंच रहा है और नदियां भी उफान पर है भूस्खलन से जगह जगह सड़के बंद हैं हालांकि क्छ सड़कों को खोला जा चुका है और यातायात बहाल कर दिया गया है पिथौरागढ़ में घाट राष्ट्रीय राजमार्ग मलवा आने के कारण बन्द है

मौसम विभाग ने कल पिथौरागढ़ नैनीताल चमोली और बागेश्वर जिले में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है इसके साथ ही प्रदेश में कल कहीं कहीं आकाशीय बिजली गिरने की संभावना भी जताई गयी है डूबने से मौत पिथौरागढ़ जिले के सेल गांव में दो युवतियों की तालाब में नहाने के दौरान डूबने से मौत हो गयी वहीं हरियाणा के रोहतक से देहरादून घूमने आये एक युवक की भी सहस्त्रधारा में डूबने से मौत हो गयी है

आज रूद्रपुर में कोरोना संक्रमितों की सुविधा के लिए हाईटेक एम्बुलेंस को जिला चिकित्सालय को सौंपे जाने के अवसर पर क्षेत्रीय सांसद अजय भट्ट ने यह जानकारी दी

श्री भट्ट ने कहा कि जिला चिकित्सालय को एम्बुलेंस मिल जाने से गंभीर मरीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में भी मदद मिलेगी

मुमिघर मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने ट्वीटर और फेसबुक के माध्यम से रिवर्स पलायन को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वे स्वयं गैरसेंण में बिधिवत भूमिधर बन गये हैं इस दौरान उन्होंने जनप्रतिनिधियों से रिवर्स पलायन की पहल करते हुए आगे आने की अपील की उन्होंने बताया कि इससे पहाड़ों की तस्वीर और तकदीर दोनों बेहतर होगी श्री रावत ने गैरसैंण को जनभावनाओं का प्रतीक बताते हुए कहा कि यहां हर उत्तराखंडी के दिल में बसता है और गैरसेंण के रास्ते ही समूचे उत्तराखण्ड का विकास किया जा सकता है मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार स्वरोजगार को बढ़ावा दे रही हैं युवाओं को स्वरोजगार की राह पर ले जाने को कृतसंकल्प है उन्होंने बताया कि सरकार पुरानी धारणाएँ तोड़ते हुए स्वरोजगार को विकास का माध्यम बना रही है इस दौरान उन्होंने घी संक्रांति के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों से अनुरोध किया कि वे सभी अपने गाँव लौटें और अपने घरों का बेहतर रख रखाव करें

इस दौरान राफ्टिंग और कयाकिंग विशेषज्ञ प्रवीन रांगड़ बताया कि नयार नदी ग्लेशियर से निकलने वाली नदी नहीं है इसका फायदा यह है कि प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागी इसमें देर तक प्रशिक्षण ले सकते है